मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलवामा हमले में शहीद हुए देष के वीर जवानों को शत शत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कुपोषण और भूख की समस्या से निजात पाने के लिए पोषक खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज धनबाद में कहा कि सिम्फर के वैज्ञानिक औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण शोधकार्य कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि ् कृतज्ञ राष्ट्र पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को नमन करता है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साल पहले आज ही के दिन पुलवामा हमले में शहीद हुए देष के वीर जवानों को शत शत नमन करते हुए उन्हें अपनी और राज्यवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की उधर हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल और उपस्थित लोगों ने बड़ी संख्या में मुकुंदगंज चौक पर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि दी सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने आज तमिल असमिया और डोगरी भाषा में आकाशवाणी समाचार वेबसाईट का शुभारम्भ किया नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन में आकाशवाणी क्षेत्रीय समाचार एकांशों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन वेबसाइटों की शुरूआत की गई श्री मित्तल ने बेहतर समन्वय और कार्यक्शलता के लिए श्रोताओं विज्ञापनदाताओं और विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों के साथ सम्पर्क बढ़ाने का सुझाव दिया आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयता के लिए लोकप्रिय है और यह सुचना के प्रसार में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं श्रीमती ईरा जोशी ने बताया कि आकाशवाणी समाचार चौबीसों घंटे का एफ एम समाचार चैनल शुरू करने की प्रक्रिया में है

दो दिन का यह सम्मेलन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में सर्वोत्तम तरीकों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित किया गया है पुलिस ने पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में उग्रवादी संगठन टीपीसी के दो सक्रिय सहायक सदस्यों को गिरफ्तार किया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय कुमार को मिली गुप्त सुचना के आधार पर इन्हें हैदर नगर के भदुआ पहाड़ से गिरफ्तार किया गया है

पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि इसे छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बुढ़ी गुड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है कौषल विकास योजना के अंतर्गत पष्चिमी सिंहभूम जिले के छब्बीस युवाओं को कौषल केंद्रों में प्रषिक्षित कर उन्हें नियोजन के लिए भेजा गया है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कुपोषण और भूख की समस्या से निजात पाने के लिए पोषक खाद्य उत्पादन बढाने पर जोर दिया है नई दिल्ली में आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआइआई के अंठावनवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायड् ने कहा कि अन्न का उत्पादन बढ़ा है लेकिन अभी कपोषण और भूख की समस्या पर गहन चिंतन की आवश्यकता है राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज कहा कि सरकार महिलाओं के लिए एक रुपये में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के मामले की समीक्षा कर रही है जो उचित होगा वह निर्णय लिया जायेगा श्रम मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे हैं

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया यहां पच्चीस से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य चिकित्सा षिक्षा परिवार कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और उनके निदान की मांग की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज धनबाद में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ऑन रॉक मेटेरियल्स सिम्फर प्रयोगषाला का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिम्फर के वैज्ञानिक औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण शोधकार्य कर रहे हैं

संक्षिप्त खबरें गोड्डा सांसद निषिकांत दुबे ने वरिष्ठ नेता बाबुलाल मरांडी के भाजपा में घर वापसी के विचार का स्वागत किया है

इसके कारण दो घंटे तक रेलगाड़ियों के परिचालन पर असर पड़ा

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चयनित ग्लोबल एक्टिव सिटी बोकारो पर आज जिला प्रषासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विषेष आयोजन कर इन्हें खुषहाल जीवन जीने के तरीके बताए गए